मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का किया गठन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच निरंतर उच्च स्तरीय आदान प्रदान से दोनों देशों के संबंधों को अधिक गति मिली है श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष पूष्प कमल दहल प्रचंड के साथ मुलाकात के दौरान यह बात कही दोनों नेताओं ने भारत नेपाल संबंधों की प्रगति के अलावा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश ने तेजी से प्रगति की है देश में वायू सड़क और रेल संपर्क बेहतर हुए हैं श्री सिंह ने कल नई दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों से आये छात्रों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी संरकार पूर्वोत्तर राज्यों में संचार और संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है गृहमंत्री ने कहा कि भारत का विकास तभी संभव है जब पूर्वोत्तर राज्य भी विकसित हो उन्होंने ँ कहा कि जब तक न्यू नार्थ ईस्ट नहीं बनेगा तब तक हमारे न्यू इंडिया की भी कल्पना किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है समिति से सात दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है

उच्चस्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी नियुक्त किये गये हैं जबकि सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक वेदपति मिश्र और बेसिक शिक्षा के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम सिंह जांच समिति के सदस्य नामित किये गये हैं हाल ही में सम्पन्न हुई अड़सठ हजार पांच सौ सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के संबंध में तेईस ऐसे अम्यर्थियों की सूची भी प्राप्त हुई जो योग्य नहीं थे लेकिन उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण बताया गया भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्षी दलों के महागठबंधन को दिखावा भ्रांति और झूठ पर आधारित बताया है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता को इसकी असंलियत बतायें पार्टी की वरिष्ठ नेता और रक्षामंत्री निर्मला सीता रामन ने कल नई दिल्ली में पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दो हजार चौदह के बाद भी महागठबंधन में शामिल पार्टियों को पराजित कर चुकी है और इस गठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव मोदी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर लड़ा जाएगा उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार के अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाने को कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अभित शाह ने संयुक्त रूप से पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का कल उद्घाटन किया

केन्द्रीय खेल मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौर ने कहा है कि खिलाड़ियों का करियर छोटा होता है इसलिए उनकी आर्थिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे जाने की जरूरत है श्री राठौर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि युवा खिलाड़ियों को असाधारण प्रदर्शन के लिए अपने जीवन का बेशकीमती समय देना होता है इसलिए उनकी उचित क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एथलीटों के प्रशिक्षण यात्रा कोच और वैज्ञानिक सहायता पर खास जोर दे रही है श्री राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओलंपिक टास्क फोर्स बैठाई है उन्होंने कहा कि जो इस इंड्रस्ट्री के एक्सपर्टस हों वो ही एक्सपर्टस खिलाड़ियो का चयन करें

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि परिवहन के इतिहास में भारत एक अदभूत परिवर्तन के कगार पर खड़ा है कल शाम नई दिल्ली में वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि नई गतिशीलता के नमूने का लाभ सभी को मिल सकेगा और इससे भारतवासियों तथा विश्व को साफ सुधरा समाधान प्राप्त होगा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभकांत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्वता के मईनजर नीति आयोग गतिशीलता के क्षेत्र में नवाचार की प्रक्रिया जारी रखेगा

बुन्देलखंड में विभिन्न बांधों से जल छोड़े जाने के कारण अनेक गांवों में पानी भर गया है पिछले छत्तीस घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में दस लोगों की मौत हो गई हैं हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि गंगा और घाघरा नदी से लगे जिले बाढ़ की चपेट में हैं ललितपुर जिले में गोविंद सागरबांध के सभी अट्ठारह गेटों को खोल दिया गया है बांध से लगभग दो लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तमाम शहरी इलाकों में पानी भरा हुआ है और प्रशासन अलर्ट पर है झांसी जिले में माता टीला बांध से दो दशमलव छह लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कई इलाके पानी में डूब गए हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले दस दिनों से जारी बारिश में व्यापक नुकसान हुआ है और फसले पानी में डूबी हुई हैं इलाके में यमुना केन बेतवा सहित सभी प्रमुख नदियां उफान पर है और बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात और खराब हो गए है इस बीच राज्य के मध्य क्षेत्र में गंगा नदी उफान पर है और फरूर्खाबाद बिजनौर मेरठ कन्नौज कानपुर और उन्नाव में कई गांव बाढ़ से प्रभावित है इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के अनेक हिस्सो में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आशा व्यक्त की है कि पेट्रोलियम पदार्थो के दामों में अब काफी कमी आयेगी

श्री अठावले ने कहा कि देश के पच्चीस प्रतिशत गरीब सवर्णो को आरक्षण मिलना चाहिए